उन्होने गुजरात के किसानों के लिए कियान सूर्योदय योजना की भी श्रुआत की जिसके तहत सिचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध होगी प्रधानमंत्री ने गिरनार में रोपवे का उद्घाटन किया जिससे पर्यटक और श्रद्धालु केवल साढ़े सात मिनट में माउंट गिरनार पहुच सकेंगे श्री मोदी ने अहमदाबाद में यू एन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलोजी एण्ड रिसर्च सेंचर से सबद्ध बाल हृदय अस्पताल का उद्घाटन भी किया उन्होंने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलोजी के लिए एक मोबाइल ऐप की श्रुआत भी की श्री मोदी ने कहा कि ज्नागढ़ गिर सोमनाथ से श्रु की जा कही किसान स्रर्योदय योजना से किसानों के जीवन में एक नया सवेरा होगा उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में इस योजना को एक हजार से ज्यादा गांवो में कार्यान्वित किया जायेगा और इससे लाखों किसानों का जीवन बेहतर होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रति फसल प्रति ब्रंद के मंत्र को अपनाना होगा

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार पहले से ही कई बीमारियों से पीड़ित पचपन वर्षीय व्यक्ति की कल आलो के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में मौत हो गयी राज्य में पिछले चौबीस घंटे में दो सौ छह कोविड रोगी स्वस्थ हए जबकि संक्रमण के अड़सठ नए मामले दर्ज किए गए कल दर्ज किए मामलों में सबसे ज्यादा ईटानगर राजधानी क्षेत्र से अट्ठारह लोहित से ग्यारह वेस्ट कामेंग से दस और अपर सियांग से नौ मामले शामिल है राज्य में कोविड से सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दो हजार चार सौ निन्यान्वे है और अब तक ग्यारह हजार छह सौ से ज्यादा रोगी स्वस्थ हो च्के है राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बयासी प्रतिशत से ज्यादा हो गयी है इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने पाक्के केसांग जिला मुख्यालय लिम्मी में जिला अस्पताल और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर कोविड जांच इलाज और अन्य रोगियों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य स्विधाओं का जायजा लिया उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से नव गठित जिले के लिए ब्नियादी सुविधाओ के विकास के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

मुख्यमंत्री श्क्रवार को तवांग के बुमला पास पर उन्नीस सौ बासठ के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए सुबेदार जोगेंदर सिंह की याद में बनाए गए वार मेमोरियल के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे वार मेमोरियल का उद्घाटन शहीद जोगेंदार सिंह की बेटी श्रीमती कुलवंच कौर ने किया समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तवांग बिग्रेड के कमांडर सहित सेना के कई अधिकारी और विधायक उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह दशकों में राज्य के सीमावर्ती में इलाकों का बहत विकास हुआ है

इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदेश के पांच कलाकारों ने विभिन्न विषयों पर आधारित तेईस पेंटिंग का प्रदर्शन किया इसके आयोजक केन्ली न्योराक ने बताया कि कोविड महामारी के चलते कई महीनों से राज्य के कलाकार अपली कला के प्रदर्शन का अवसर न मिलने से निराश थे और उनमें जोश भरने के लिए इस प्रदर्शनी को आयोजित किया गया उन्होंने कहा कि कोरोना से कला क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ऐसे समय में छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से इस क्षेत्र को गति देना समय की आवश्यकता है चित्रकला प्रदर्शनी में भाग ले ने वाले कलाकारों ने बताया कि वर्तमान समय में समाज के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए पेंटिंग भी एक सशक्त माध्यम है

महाष्टमी और महानवमी के अवसर पर देशभर में श्रद्वाल् श्रद्वा और आस्था के साथ मां द्र्गा की आराधना कर रहे हैं